कल नई दिल्ली में खादों के प्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में कृषि कार्यों से देश के सकल घरेलू उत्पाद में काफी वृद्धि हुई है लेकिन फिलहाल इसमें गिरावट दर्ज की गई है उन्होंने कहा कि हमारे देश में खेती का जीडीपी में बड़ा योगदान है लेकिन इस योगदान को और बढ़ाने की आवश्यकता है बिजली बोर्ड केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय ने हिमाचल बिजली बोर्ड को ए ग्रेड का दर्जा दे दिया गया है बीते कई वर्षों से बिजली बोर्ड के पास बी ग्रेड का दर्जा था ग्रेडिंग में सुधार होने से अब राज्य बिजली बोर्ड को केंद्र सरकार की योजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी इसके अलावा कम ब्याज दरों पर बोर्ड को ऋण भी मिल सकेगा रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कल कुल्लू में भुंतर स्थित कुल्लू मनाली हवाई अड्डे के परिसर में आगंतुक भवन का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे का विस्तारीकरण उनकी प्राथमिकता में शामिल है तथा आगामी शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को लेकर वह प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे

उन्होंने इस मौके पर कहा कि इन मेधावी विद्यार्थियों ने अपने परिवार के साथ साथ बैंक का भी नाम रोशन किया है कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सिकंदर कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना में भी कई नवाचारों की सम्भावनाएं उपलब्ध है कुलपति कल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना परामर्श दात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि एनएसएस के मूल कार्यक्रमों के अतिरिक्त नई गतिविधियां की जानी चाहिए लेकिन विशेष ध्यान विशेषज्ञ पर ही रहना चाहिए कर्मचारी हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने आयुर्वेद घोटाले की जांच में छोटे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार से मांग की है महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने शिमला में कहा कि इस घोटाले में अहम गवाह छोटे कर्मचारियों को मिल रही धमकियां गम्भीर मामला है उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बड़े अधिकारी इस मामले में दबाव बनाकर अधीनस्थ अधिकारियों और छोटे कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं युवा कांग्रेस प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने मनोज कुमार को द्वंग और बोधराज ठाकुर को नाचन विधानसभा क्षेत्र युवा कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है युवा कांग्रेस प्रवक्ता मानसिंह ठाकुर ने कहा कि ये नियुक्तियां संगठन के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश प्रभारी जगदेव गागा की सहमति से की गई हैं और तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएंगी

पंजाब केसरी ने लिखा है उपचुनाव परिणाम के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार

दैनिक भास्कर का शीर्षक है हिमाचल को मिली नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एक हजार जवान होंगे भर्ती

अमर उजाला की एक खबर है अनिल खाची दिल्ली से रिलीव हिमाचल में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

पंचायती राज विमाग से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में बनेंगी नई पंचायतें कुछ एक का होगा पुनगर्ठन व पुनः सीमांकन जांच के दायरे में आएंगे एसीएस शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है सरकार ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र का लिया कड़ा संज्ञान विजीलेंस जांच होगी आपका फैसला ने स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से लिखा है आयुर्वेदिक घोटाले की होगी विजीलेंस जांच दिवाली के मौके पर परिवहन निगम चलाएगा अतिरिक्त बसें दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है बैंक कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी खबर को आपका फैसला ने शीर्षक दिया है कर्मियों की हड़ताल से प्रदेश के बैंकों में कामकाज ठप्प

दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक हिमाचल के लाहौल स्पीति का पारा शून्य के नीचे